स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि तालाबंदी में छूट के दौरान शारीरिक दूरी जैसे नियमों का पालन जरूरी

उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीय और विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित द्वनियाभर के लोग भी यह मान रहे हे

मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा किये गये उपायों ने देश को संक्रमण के तीसरे चरण में जाने से बचा लिया है

उन्होंने कहा कि सरकार ने एक दिन में एक लाख परीक्षण करने की योजना बनाई है

उन्होंने कहा कि क्योंकि तालाबंदी में धीरे धीरे छूट दी जा रही हैइसलिए वायरस को रोकने के लिए सख्त उपाय प्रभावी क्लीनीकल प्रबंधन संक्रमण से बचाव और नियंत्रण रखना जरूरी है

उन्होंने कहा कि इसलिए ऐसी स्थिति से बचने के लिए और तालाबंदी से मिले लाभ को बनाये रखने के लिए लोगों को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझना चाहिए और सभी दिशा निर्देशों व प्रोटोकॉल का दिल से पालन करना चाहिए

बोर्ड ने इसे फर्जी बताते हये करदाताओं को अपील की है कि ऐसे किसी लिंक को वे मत खोलें जो पैसे की वापस अदायगी की वादा करता है उन्होंने कहा कि ये धोखेबाज़ों दवारा भेजे जा रहे संदेश है

एक घंटे तक चली इस बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हई और तालाबंदी की स्थिति की समीक्षा की गई बैठक में शारीरिक दूरी का सख्ती से पालन किया गया श्री नायडू ने पहले दिये निर्देशों के अुनुसार तैयार की जाने वाली खर्च में कटौती की योजना की विस्तृत जानकारी भी मांगी

ये सभी पहले पोजिटिव पाये गये व्यक्ति के पारिवारिक सदस्य है

सैना के अधिकारियों ने उन्हें प्रष्पांजनि अर्पित कर श्रद्वांजलि दी

उनका अंतिम संस्कार मनीमाजरा स्थित शमशान घाट में पूरे सैनिक सममान के साथ किया गया आज हरियाणा में तालाबंदी के तीसरे दौर के शुरू होनेपर दी गई छूट के मद्देनज़र विभिन्न जिलों में द्कानें खुली भिवानी के बाज़ारों में इकट्ठा हई भीड़ को देखते हये प्लिस अधीक्षक संगीता कालिया ख्द लोगों से शारीरिक दूरी के नियम का पालन करवाने पहुंची उन्होंने कहा कि प्लिस बल को तैनात किया गया है बिना मास्क के घूमने और तालाबंदी के निमयों को न मानने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी सिरसा में प्रशासन ने सभी द्वकानें एक साथ न खोलने के बजाय अलग अलग सामान बेचने वाली और मरम्मत की ुद्दकानों को खोलने के लिए सप्ताह के अलग अलग दिन निर्धारित किये है एस डी एम जयवीर यादव ने बताया कि क्छ द्काने आज खोली गई तो क्छ द्काने कल खुलेगी

वहीं पंचकूला से हमारी संवाददाता ने बताया कि आज लोगों ने शारीरिक दूरी का ध्यान रख्ते हये दुकानों पर खरीददारी की

सिविल सर्जन डॉ राम भगत ने बताया कि मृतक को इस संक्रमण के इलावा और भी कई बीमारियां थी उधर करनाल मे दो मामले सामने आये है उनमे एक सब्जी बेचने वाला और द्सरा किराना दकानदार है

इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हडडा ने प्रदेश में संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर कहा कि ये देखने की बात है कि चूक कहा हुई वहीं स्वास्थ्य एंव गृहमंत्री अनिल विज ने बढ़ते मामलों के मद्देनज़र तालाबंदी में दी गई शील को लेकर चिंता जताई है

उन्होंने कहा कि ऑटो चलाने वालों की मेडिकल जांच भी अनिवार्य की गई है

आज तालाबंदी में दी गई शील के मद्देनज़र पंचकूला जिले में स्वास्थ्य विभाग दवारा सेक्टर एक स्थित साकेत अस्पताल परिसर में ओपीडी सेवायें श्रू कर दी है